हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अलाटियों को छूट देकर भूखंड में वृदवि का बकाया भरने का एक मौका ओर दिये जाने की घषोणा की है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन ने कहा है कि जैविक खेती के माध्यम से टिकाऊ उत्पादन हासिल किया जा सकता है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अम्बाला के मंगलई गांव में होम्योपैथिक कालेज की स्था ना के लिए सभी औ चारिकतायें ूरी कर ली गई है

इस अवसर र एयर चीफ मार्शल हिंडन में आयोजित समारोह में सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने देश के लिए एयर स्टाफ के प्रयासों के योगदन की सराहना की इस मौके र एक रंगारंग रेड व निवेश समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें वाय् सेना योद्वा ड्रिल टीम द्वारा हथियार हैंडलिंग कौशल और राईफलों के साथ विविध मनोरंजक प्रदर्शन दिखाये गये इसके बाद विंटेज फलाईट सहित आई ए एफ विमान की एक विस्तृत श्रंखला का शानदार प्रदर्शन भी हुआ भारतीय वाय् सेना के राजदूत सूर्य किरण ऐरोबैटिक्स टीम जिसमें नौ होक एक सौ बतीस विमान और हैलीकप्टर एरोविक्स टीम सारंग शामिल थे

इसके बाद सभी ेसोनल का शाथ ग्रहण समारोह हआ इस मौके ेर एयर कॉमाडोर एस श्रीनिवासन ने वाय्सेना योदवाओं से देश की सेवा में समर्पित हो जाने का आहवान करते हुए कहा कि वो नई ऊर्जा के साथ अ ने को दिये गये कार्य व जिम्मेदारी को पूरा करें उन्होंने सभी के रिजनों को भी आज के दिन की बधाई दी

इस मौके र अ ने सम्बोधन में विधायक असीम गोयल ने कहा कि हमारी सेना के बल र ही हम सुरक्षित है और सैनिक दिन रात देश की सीमाओं र प्रहरी बनकर हमारी रक्षा कर रहे है

हरियाणा के म्ख्यमत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अलाटियों को रिबेट देकर अ ने प्लॉट में वृदवि का बकाया भरने का एक मौका दिया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न हडा सेक्टरों के रेज़िडेट एसोसिएशन ने जो मांगे उठाई थी उनमें से अधिकतर पूरी कर दी गई है केवल तीन मांगे रहती है जिनके समाधान के लिये तीन रिटायर्ड जर्जो की एक कमेटी बनाई गई है कमेटी की रि ोर्ट आने के बाद इन मांगों का समधान भी हो जायेगा साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एचएसवीपी के जो अलाटी पिछली रिबेट योनजा का लाभ नहीं उठा थाये उनके लिये फिर से ये योजना लाई जायेगी र इस बार उन्हें चालीस प्रतिशत से कम की रिबेट मिलेगी ताकि पिछली रिबेट का लाभ लेने वालों को ये न लगेकि दो महीने हले वृदवि की राशि भर कर उनहोंने गलती की है

मथुरा में डित दीन दयाल धाम में नेश्नल सेटर आफ आर्गेनिक फार्मिंग दवारा आयोजित जैविक कृषि सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार जैविक खेती को बावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और देश मे इसके विकास के लिए किसानों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है

स्वास्थ्य खेल एवं य्वा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अम्बाला के मंगलई गांव में होम्यो थिक कॉलेज की स्था ना की जायेगी जिससे क्षेत्र के य्वाओं को नई स्विधा उ लबध होगी और होम्योप्रैथी चिकित्सा का विस्तार होगा

उन्होनं बताया कि सरकार सीएससी और पीएचसी स्तर र भी आय्ष चिकित्सा स्विधाओं का विस्तार कर रही है साथ ही लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए योग और व्यायाम की सुविधा बढ़ाई जा रही है

साथ ही वे सोनी त जिले के बढ़ी में बनने वाली रेल कोच फैक्ट्री की आधारशिला भी रखेंगे प्रतिमा अनावरण समारोह के बाद प्रधानमंत्री दीनबंध् स्मृति रैली को स्म्बोधित भी करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि प्रधानमंत्री दीन बंधू सर छोटू राम की स्मृति में बने संग्रहालय का दौरा भी करेंगे जहां उनके जीवन को चित्रित करते दृश्य और उनसे सम्बधित वस्त्ओं को एकत्रित किया गया है प्रवक्ता ने बताया कि समारोह में केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह केन्द्रीय रेल एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल कन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण शाल ग्र्जर हिमाचल प्रदेश के राज्य ाल आचार्य देवव्रत जम्मू कश्मीर के राज्य ाल श्री सत्या ाल मलिक के हरियाणा के राज्य ाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य और म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल उ स्थित होंगे श्यामा प्रसादम्खर्जी ने अ ने जीवन का बलिदान हिन्द्रस्तान की एकता व अखंडता के लिए दिया भारतीय जनता शार्टी ही एक मात्र राष्ट्रीय राजनैतिक शार्टी है जिसकी सोच राष्ट्रवादी है ये उद्गगार आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर शाल ने जगाधरी विधानसभा हलके के खिजराबाद इलाके के विकास श्रद यात्रा के दौरान प्रकट किये उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य दिया जा रहा है

अध्यक्ष ने दयात्रा के दौरान आज एक दर्जन से अधिक गांव कवर किये जकार्ता में खेले जा रहे पैरा एशियन गेम्स के हले दिन भारत ने रजत और चांर कांस्य दक जीतकर अ ना खाता खोल लिया है

उधर शतरंज में सभी भारतीयों ने आने म्काबले जीत लिये है